बताया गया है कि सुनवाई के दौरान सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से अपनी याचिका वापस लेने की कोई चर्चा नहीं हुई झाबुआ उपचुनाव झाबुआ विधानसभा उपचुनाव का प्रचार कार्य गति पकड़ चुका है स्थानीय नेता और पार्टी प्रत्याशी चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं

दो दिवसीय इस आयोजन की तैयारियों को आज अंतिम रूप दिया जा रहा है इसके तहत एयरपोर्ट से कार्यकम स्थल ब्रिलिएंट कन्वेंशन सेंटर तक मार्ग और शहर के प्रमुख स्थलों को सजाया संवारा गया है संस्कृति महोत्सव दसवां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव कल जबलपूर में सम्पन्न हो गया महोत्सव के दूसरे और अंतिम दिन साबरी बंध्ओं की सूफियाना कव्वालियों से समापन हुआ आकाशवाणी संवाददाता ने बताया है कि कार्यक्रम में एक ओर जहां क्षेत्रीय कलाकारों ने एक से बढ़कर एक लोकनत्यों की प्रस्तुतियां दी वही दूसरी ओर देश को पहले संस्कृत बैंड ध्र्वा के कलाकारों ने भी समा बांध दिया दो दिनी राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के माध्यम से जबलपुर के लोगों ने देश की संस्कृति की झलक एक मंच में देखी यहां न केवल उनका मनोरंजन हुआ बल्कि देश के अन्य क्षेत्रों की संस्कृति को जानने का मौका भी मिला और साथ ही लोगो ने लजीज व्यंजनों का लूएत उठाया आज और कल सागर में यह महोत्सव आयोजित किया जायेगा इसमें प्रख्यात गायक रूप कुमार राठोर और सोनाली राठोर अपनी प्रस्तुति देंगे अस्पताल जांच शिवपुरी शिवपूरी जिला अस्पताल में एक मरीज की मौत के बाद उसका शव घंटों अस्पताल में पड़े रहने के मामले की जांच शरू हो गयी है जिला कलेक्टर अनुग्रह पी ने बताया कि इस मामले में मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा तत्काल कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए हैं